केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार देश को निवेश के लिए और अधिक आर्कषक गंतव्य बनाने के लिए और सुधार करने के लिए तैयार है नई दिल्ली में भारत स्वीडन कारोबर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सम्बध में कारॅपोरेट कर में कमी सहित कई उपायें किये है वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार बैकिंग खनन और बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक सुधार के लिए प्रतिबदव है उन्होंने स्वीडन की कंपनियों को भारत की आधार भूत विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए आंमत्रित किया वित्तमंत्री ने स्वीडन के व्यापार उदयोग और नवाचार मंत्री इब्राहिम बेलान के साथ व्यापार और कारोबार के बारे में भी विचार विमर्श किया वित्तमंत्री राज्य मंत्री अन्राग ठाक्र ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी सेवाओ में सुधार करना है

उन्होंने बताया कि बैकिंग क्षेत्र में सुधार क बारे में नरसिम्हा समिति और नायक समिति जैसी सभी तीन समितियों ने विलय की सिफारिश की थी उन्होंने कहा कि विलय के कारण किसी प्रकार की समस्या न हो इसके पर्यावरण एहतिहात बरती जा रही है उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि विलय से ऋण देने में कमी नहीं आयेगी केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो दो हजार रूपये के नोट के चलन पर रोक लगाने पर विचार नहीं कर रही है राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकृर ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि दो हजार रूपये के नोटों की बिना हिसाब वाली पकड़ी जा रही नकदी के प्रतिशत में भी कमी आई है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र दवाओं की किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहे है लोकसभा में एक लिखित जवाब में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा कि कई बार कुछ दवायें दवा ब्यूरो यानि बीपीपीआई दवारा निकाली गई निविदा में योग्य बोली न मिलने के कारण या फिर दवा के व्यापारी द्वारा आपूर्ति ने होने के कारण उपलब्ध नहीं होगी

उन्होंने कहा कि केन्द्र ने इस वर्ष वित्तीयवर्ष के अंत तक एक हजार नये जन औषधि केन्द्र खोलने की योजना बनाई है

हरियाणा के म्रख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को निर्बाध और परेशानी मुक्त सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अस्पताल मान्यता बोर्ड द्वारा प्रमाणित तीन निजी अस्पतालों के पैनल में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इनमें इनडोर डे केयर के आधार पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी प्रवक्ता ने बताया कि जिन अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है उनमें पानीपत का एपेक्स अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर बागला आदमप्र का एस एल मिंडा मेमोरियल हॉस्पिटल तथा नई दिल्ली का एचसीएमसीटी मणिपाल हॉस्पिटल शामिल हैं

आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया यह दिन हर वर्ष तीन दिसम्बर को निशक्तजनों के अधिकारों का प्रसार करने और समाज के हर क्षेत्र में उनकी स्थिति को मजबूत करने बारे जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है इस मौके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगों के समेकित एवं समानता के भविष्य के लिए काम करने की सरकार की वचनबद्वता को दोहराया है उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड़ ने सभी को दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करने का आहवान किया है विश्व दिव्यांग दिवस पर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार पंचकुला के राजकीय विदयालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए ज़िला स्तरीय खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों करवाई गई

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त मनीता मलिक मौजूद रही

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीज़नल आउटरीच ब्यूरो दवारा हरियाणा के कुरूक्षेत्र में श्री गुरू नानक देव जी बारे लगाई गई डिजीटल प्रदर्शनी का उदघाटन् आज हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव आर्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं उत्तरांखंड के म्ख्यमंत्री तिवेंद्र सिह रावत ने किया